मतदान लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये आज तेरह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की एक सौ सोलह सीटों के लिये वोट डाले गये पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई कार्यकर्ताओं में झड़प में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की खबर है इसको छोड़कर बाकी जगह चुनाव शांतिपूर्ण रहा

इस चरण में गुजरात की सभी छब्बीस केरल की सभी बीस महाराष्ट्र और कर्नाटक की चौदह चौदह उत्तर प्रदेश की दस छत्तीसगढ़ की सात ओडिशा की छह बिहार और पश्चिम बंगाल की पांच पांच असम की चार गोवा की दो जम्मू कश्मीर दादर नगरहवेली दमण दीव और त्रिपुरा की एक एक सीट पर मतदान हुआ इस चरण में गुजरात से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह केरल से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रमुख उम्मीदवार हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा लोकसभा क्षेत्र के कोरिया जिले का सेराडांड सबसे छोटा मतदान केन्द्र रहा यहां तीन पुरूष और एक महिला सहित सिर्फ चार मतदाता है

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में प्रचार अभियान तेज हो गया है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जबलपुर के सिहोरा में कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को न्याय देगी

इसके बाद श्री गांधी ने शहडोल के लालपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने आज रायसेन में एक चुनावी सभा में कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र के विकास की गति धीमी नहीं होगी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूती के लिये राजनीतिक स्थिरता के लिये भाजपा की सरकार बननी चाहिये

लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है उधर चौथे चरण में विभिन्न पार्टियों के नेता देशभर में चुनाव सभाएं कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं ओडिशा के केन्द्र पाड़ा में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप सामने नहीं आया है प्रधानमंत्री ने बालासोर में भी एक जनसभा को सम्बोधित किया

अब तक भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकर ने अपना नामांकन दाखिल किया

सागर से राय बहादुर सिंह भिण्ड से संध्या राय विदिशा से रमाकांत भार्गव और गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से केपी यादव नामांकन जमा कर चुके हैं राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मोना सुस्तानी विदिशा से शैलेन्द्र पटेल सागर से रघुसिंह ठाकुर ने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं

इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि उसकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया

न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष की उस अपील को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने मीनाक्षी लेखी की याचिका को खारिज करने की अपील की थी मतदान प्रतिशत प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिये कई गतिविधियों को आयोजन किया जा रहा है गुना जिले में कलेक्टर परिसर में पर्यावरण संरक्षण और मतदान बढ़ाने के लिये स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया इसमें सामाजिक सरोकार के सहित तहत गर्मियों में पक्षियों को पीने के लिये पानी मिलें और मतदाताओं को अनिवार्य रूप से मतदान करने के संदेश लिखे हये सकोरे रखे गये हैं

टीकमगढ़ जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत दीपदान सायकिल रैली चुनावी पाठशला लोकगीत के माध्यमों से मतदाताओं को जागरूक किया जायेगा